प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए किसानों को सौर ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है श्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरल में बिजली और शहरी क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उदघाटन और आधारशिला रखने के दरम्यान ये बातें कही इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पुगलुर त्रिचुर विद्युत पारेषण परियोजना और कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की श्री मोदी ने कहा कि कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना को देश के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी केंद्र सरकार ने बिजली से चलने वाले वाहनों और खाना पकाने के उपकरणों को प्रोत्साहन देने के लिए गो इलैक्ट्रिक अभियान शुरू किया है इसका उद्देश्य देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गो इलैक्ट्रिक भारत का भविष्य है जो कम लागत वाले पर्यावरण अनुकूल और स्वदेशी बिजली उत्पादों को प्रोत्साहन देगा

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में कहा कि मनरेगा के तहत रोजगार सुजन के लिए चलाई जा रही योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो ताकि जरूरतमंदों को इसका पूरा लाभ मिल सके इस बैठक में उन्होंने ग्रामीण इलाकों में माइक्रो नर्सरी खोलने खेतों की मेढ़बंगी को मिशन मोड में चलाने और कंपोस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को द्रुस्त करने का निर्देश अधिकारियों को दिया राज्य में अक्षय ऊर्जा श्रोतों पर आधारित मिनी और माइक्रो ग्रिड बनाए जाएंगे झारखंड रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जरेडा और सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट की ओर से आयोजित कार्यशाला में जेरेडा का निदेशक केके वर्मा ने कहा कि माइक्रो और मिनी ग्रिड के स्थापना होने से राज्य के दर्गम और द्रदराज के ग्रामीण इलाकों में गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति की जा सकेगी राज्य में पंद्रहवे वित्त आयोग की राशि से संचालित होनेवाली योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक हजार तीन सौ पंचानबे पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जाएगी इनमें पांच सौ छब्बीस कनीय अभियंता और आठ सौ उनहत्तर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं राज्य पंचायती राज विभाग ने इस बाबत तैयारियां शुरू कर दी है इसके तहत हर दो प्रखंड में दो कनीय अभियंता और पांच पांच पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर का पद होगा

पहला चरण का टीका लगवाने वालों में एक लाख इक्यावन हजार सात सौ एक हेल्थ वर्कर्स और एक लाख इक्कीस हजार पांच सौ तैंतीस फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं इधर कल एक हजार दो सौ तिरान्बे हेल्थवर्कर्स और पांच हजार छह सौ इक्यावन फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण का टीका दिया गया जबकि दूसरे चरण का टीका लेने वालों में कुल एक हजार सात सौ दो हेल्थवर्कर्स हैं

टीकाकरण में तेजी लाने के इस कार्यक्रम के दो चरण होंगे

जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे सीआरपीएफ और जिला बल के जवानों को निशाना बनाने के लिए उग्रवादियों ने बम प्लांट किए थे लेकिन जवानों ने पूरी सतर्कता के साथ इन बमों को बरामद कर सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया उधर गिरिडीह जिले के ड्मरी थाना स्थित चितरामो जंगल के समीप पुल के नीचे से माओवादियों द्वारा प्लांट किए गए तीस किलो का आईईडी बम सीआरपीएफ और जिला पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरशन के दौरान बरामद कर निष्क्रिय करने में सफलता प्राप्त की रांची रेलमंडल ने सोनपुर मंडल के बछवारा स्टेशन पर नन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर कुछ ट्रेनों का परिचालन स्थगित और कुछ ट्रेनों के आवागमन समय में बदलाव किया है प्राप्त सूचना के अनुसार अठाईस फरवरी और एक मार्च को गोरखपुर हटिया स्पेशल ट्रेन का परिचालन स्थगित रहेगा जबकि रक्सौल हैदराबाद स्पेशल ट्रेन का परिचालन बरौनी स्टेशन तक होगा

वे इस मेले में जूट से बने खिलौनों को प्रदर्शित करेंगी

नगर विकास विभाग ने स्टेडियम के जीर्णोद्वार के लिए चार करोड़ तीस लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है इस राशि से स्टेडियम में फूटबॉल मैदान सहित गैलरी बॉस्केटबॉल और टेनिस कोर्ट बनाया जाएगा इसके अलावा जयपाल सिंह की आदमकद प्रतिमा फव्वारा और झारखंड की कला और संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां लगाई जाएगी पलामू जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज बाइस मामलों में पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जला अनुश्रवण और मूल्यांकन समिति की कल बैठक हुई बैठक में इस अधिनियम के तहत दर्ज पच्चीस मामलों पर विचार विमर्श करने के बाद बाईस मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने को स्वीकृति प्रदान की गई खूंटी जिला प्रशासन द्वारा हेल्थ क्लब की शुरूआत की गई है इसके तहत साइकिलिंग बैडमिंटन कोर्ट और स्विमिंग पुल की व्यवस्था की गई है इस क्लब के जरिए लोगों को स्वास्थ्य व्यायाम और खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा इधर जिले के सदर और मुरहू प्रखंड के अठारह स्वास्थ्य उपकेंद्रों और वेलनेस केंद्रों में सौर उर्जा आधारित बिजली संयत्र लगाए जाएंगे

मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है इस वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है राज्य में पिछले तीन दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है कल भी कई जिला इलाकों में बारिश हुई इक्कीस फरवरी से मोसम साफ होने की संभावना है और अब संक्षिप्त खबरें झारखंड जगुआर का तेरहवां स्थापना दिवस रांची के टेंडर ग्राम स्थित मुख्यालय में मनाया गया इस मौके पर गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा मुख्य रुप से मौजूद थे झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के पास अठाइस फरवरी को प्रदर्शन करेंगे छब्बीस फरवरी को वे जिला मुख्यालयों में धरना देंगे झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविदालय में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है इस बाबत जेपीएससी द्वारा बाइस फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा लातेहार जिले के सदर प्रखंड स्थित कोने गांव के चार बाल श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के बिजनौर से रेस्क्यू कराकर बाल कल्याण समिति कल वापस लेकर आई इन बच्चों को सरकारीयोजनाओं का लाभ दिया जाएगा

प्रभात खबर ने पीडीएस में दी जाने वाली केरोसिन में मिलावट की जांच में हुई पुष्टि की खबर को पहले पन्ने की लीड बनायी है हिन्दुस्तान ने राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के तहत ग्यारह करोड़ मानव दिवस सुजित करने का लक्ष्य निर्धारित करने की खबर को पहले पर लिया है दैनिक भास्कर ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का का राजधानी रांची स्थित आवास में प्रवर्तन निदेशालय का स्थायी दफ्तर बनाने की हो रही पहल को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने हजारीबाग में एक कंपनी के साईट इंचार्ज की अपराधियों द्वारा गोली मारने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाईम्स ने भारत चीन के बीच आज होने वाली बैठक को पहले पन्ने पर प्रकशित किया है अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश में अबतक एक करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका लगाये जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है